यह दिन देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी

इस अवसर पर मंत्रालय सतपुड़ा एवं विंध्याचल भवन के अधिकारी कर्मचारी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे प्रदेश के सभी जिलों में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती एकता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगें

ठीक होने की दर लगातार बेहतर होने के कारण अब देश में कुल संक्रमित लोगो में से सात दशमलव पांच एक प्रतिशत यानी छह लाख तीन हजार मरीज ही इलाज करा रहे हैं

इस समय देश में कोविड मुत्य दर एक दशमलव पांच शुन्य प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम दरों में शामिल है

यह दिन हजरत मुहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है इस अवसर पर प्रदेशभर की मस्जिदों में आकर्षक संजावट की जा रही है वहीं मुस्लिम धर्मगुरूओं ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों को ध्यान में रखने की अपील की है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईद मिलाद उन नबी पर देशवासियों को श्भकामनाएं दी हैं अपने संदेश में श्री कोविंद ने कहा है कि मोहम्मद साहेब ने प्रेम और भाईचारे का उपदेश दिया उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं श्री नायडू ने कोरोना महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए लोगों से मिलाद उन नबी को सादगी से मनाने को कहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईद मिलाद उन नबी पर प्रदेशवासियों को श्भकामनाएं दी हैं अपने संदेश में श्री चौहान ने कहा कि पैगम्बर मोहम्मद साहब ने समाज को भाईचारे सहनशीलता सहिष्णुता का संदेश दिया हैं